प्रदेशभर में कई कार्यकम हो रहे हैं आयोजित

कुछ जिलों में आज बारिश की संभावना मोदी सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेल और गैस के मूल्य इस तरह से निर्धारित किये जाने की जरूरत है जिससे उत्पादक और उपभोक्त दोनों के हितों का संतुलित संरक्षण हो सके

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने कहा कि सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उसके डिजिटल उपयोग के बीच समावेश दिखने लगा है श्री मोदी ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है केन्द्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत ने बिना भेदभाव के सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है न्यायालय आयोग उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर उस याचिका का निपटारा करें जिसमें राज्यवार आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक को पुनः परिभाषित करने की मांग की गयी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वे अपनी याचिका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को फिर से प्रस्तुत करें अदालत ने अल्पसंख्यक आयोग से कहा कि वह यथाशीघ्र लेकिन अधिकतम तीन महीने के भीतर उसका निपटारा करें अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि किसी राज्य में किसी समुदाय की आबादी के संदर्भ में अल्पसंख्यक को पुनः परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है इसमें कहा गया था कि हिंद जो राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बहसंख्यक समुदाय हैं वे कई पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं याचिका के अनुसार इन राज्यों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले लाभों से वंचित है ऐसे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यक की परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिये जावड़ेकर शिक्षक केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किये जाने की स्थिति में सरकार अध्या्देश लाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किये जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया

इस दौरान वे न्यायालयीन कार्यों से अलग रहकर विरोध करेंगे जबलपुर में स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय और स्टेयरिंग कमेटी के संयोजक आदर्श मुनि त्रिवेदी ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मुख्य मांगों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेम्बर हॉल ई लायब्रेरी अधिवक्ता और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस सुविधा पेंशन और पांच वर्ष तक स्टायफंड की सुविधा देने की मांग की गई है अवैध शराब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और आबकारी विभाग को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये है कल छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी अवैध शराब की बिक्री में लिप्त हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही केर अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाया जाये श्री नाथ ने अवैध शराब की बिक्री के अड्डे खत्म करने और पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये

रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निःशक्त कन्या छात्रावास में चल रहे टीकाकरण अभियान में नेत्रहीन और दिव्यांग छात्राओं को टीकाकरण कराने के लिये प्रेरित किया गया

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो रमेश चन्द्र का कार्यकाल कल समाप्त हो गया है कुलपति चयन भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के लिए तीन सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की गई है इसमें वरिष्ठ पत्रकार मनोज मनु विजयदत्त श्रीधर त्रिवेदी और उमेश त्रिवेदी को सदस्य बनाया गया है नर्मदा जयंती आज नर्मदा जयंति है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भोपाल में धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में माँ नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जायेगा

महा आरती के साथ नर्मदा मंदिर के विस्तारित और सुसज्जित भवन का लोकार्पण होगा संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ आज नर्मदा जयंती के अवसर पर खरगौन जिले के मण्डलेश्वर नर्मदा घाट में नदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगी

उधर होशंगाबाद में कल से दो दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू हुआ इस दौरान सेठानी घांट को सजाया गया है यहां शाम को महाआरती की गई आज महोत्सव के दूसरे दिन शहर में शोभायात्रा निकाली जायेगी

जबलपुर और डिंडोरी में भी नर्मदा जयंती पारंपरिक श्रद्वाभाव के साथ मनाई जायेगी नरसिंहपुर में भी नर्मदा जयंती के साथ आज ऐतिहासिक बरमान मेले का औपचारिक समापन हो जायेगा मौसम तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब थोड़ी राहत मिली है राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि जबलपुर और चंबल संभागों में तथा होशंगाबाद राजगढ गुना और दतिया जिलों में कल काफी ठंडा दिन रहा वहीं रीवा उमरिया जबलपुर मजालखंड खजुराहो बैतूल धार खंडवा रतलाम और दतिया जिलों में शीतलहर चली उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्द हवाओं के कारण जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है

मौसम विभाग के अनुसार चार दिन बाद फिर मौसम बदल सकता है विभाग ने उज्जैन भोपाल इंदौर होशंगाबाद विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है

उनका अंतिम संस्कार आज किया जायेगा

प्रदेशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित

कुछ जिलों में आज बारिश की संभावना इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ